उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित मंत्रालय कर्मचारियों को राजस्थान रोडवेज में मिलेगी निःशुल्क यात्रा की सुविधा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

मास्क पहनें दो गज की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखे हाथ और मुंह साफ रखें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के लिये अभी से पूरी तैयारियां रखने के निर्देश दिए हैं उन्होंने वैक्सीन के लिए स्टोरेज कोल्ड चैन वैक्सीन की आवश्यकता वितरण व्यवस्था और प्राथमिकता की तैयारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए उन्होंने कहा कि चिकित्साकर्मी सबसे अग्रिम पंक्ति के वॉरियर हैं अतः उन्हें वैक्सीन प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा जाए श्री गहलोत कल जयपुर में वीसी के माध्यम से कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रहा है जरा सी लापरवाही खुद के साथ ही दूसरों के लिये भी जानलेवा हो सकती है उन्होंने समाज के सभी वर्गों से हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना में अपना दायित्व निभाने की अपील की है उन्होंने वर्तमान में चल रहे पंचायतीराज चुनाव के प्रत्याशियों और समी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना अनिवार्य रूप से करें ताकि आमजन के समक्ष आदर्श प्रस्तुत हो सके

यह कोरोना की दूसर्री पीक है उन्होंने कहा कि इस महामारी से बचने का केवल सावधानी ही उपाय है डॉ शर्मा ने कहा कि कोरोना के केसेज में बढ़ोतरी के कई कारण हैं जिनमें नगर निगम और पंचायत चुनाव मौसम में बदलाव त्योहार और शादी समारोह का सीजन और इस दौरान मौसम में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी प्रमुख हैं उन्होंने कहा कि इस दौरान आमजन द्वारा लापरवाही बरतने के कारण प्रदेश में कोरोना का प्रसार फैल रहा है चिकित्सा मंत्री ने कहा कि आमजन मास्क को ही वैक्सीन समझकर लगाएं

उन्होंने आमजन से आग्रह किया कि कोरोना के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना बरतें

केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना जागरूकता के लिए जन आंदोलन जारी है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

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि राजस्थान रोड़वेज की बसों में सम्मानित शिक्षकों के अनुरूप ही सम्मानित मंत्रालयिक कार्मिको को निःशुल्क यात्रा सुविधा दिये जाने का निर्णय लिया गया है श्री खाचरियावास ने कहा कि इस यात्रा सुविधा को परिवहन निगम की द्रतगामी और साधारण बसों में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है

देश में आज सिखों के नौवें गुरू गुरू तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है

गुरू तेग बहादुर की सहादत हर साल शहीदी दिवस के रूप में याद की जाती है

प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सकिय होने से सर्दी तेज हो गई है मौसम विभाग ने जैसलमेर नागौर बीकानेर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ और चूरू के आसपास के क्षेत्रो में आज बादल छाए रहने और कल कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई है